बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन आज लेंगे अपने पद की शपथ

बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन आज सुबह ग्यारह बजे अपने पद की शपथ लेंगे राजभवन में आयोजित समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह उन्हें पद की शपथ दिलायेंगे श्री टंडन भाजपा के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वर्ष उन्नीस सौ पैंतीस में जन्मे श्री टंडन का लंबा संसदीय अनुभव रहा है वर्ष उन्नीस सौ अठहत्तर में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने वे लोकसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि विवाह संबंधी विवादों और दहेज हत्याओं में जब तक पति के रिश्तेदारों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से नहीं हो तब तक उन्हें इन मामलों में नामजद नहीं किया जाना चाहिए न्यायमूर्ति एसए बोबड़े और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि पति के रिश्तेदारों को सिर्फ आरोपों के आधार पर नामजद नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक वैवाहिक विवाद में हैदराबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुये दिया पटना के आसरा गृह मामले में संचालिका मनीषा दयाल और उसके सहयोगी चिरंतन कुमार से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों से बैंक खातों और सरकार से मिली राशि के उपयोग में बरती गयी अनियमितता के मामले में पूछताछ की गयी इधर जांच में इस बात का भी पता चला है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से मनीषा दयाल के अच्छे संबंध रहे हैं

फंड के संचार अधिकारी टेलर रॉयल ने कहा कि राज्य के कई शेल्टर होम में यौन उत्पीड़न की बात सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड की आज पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी इस दौरान सीबीआई अब तक हुई जांच की रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर सकती है इधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने इस मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को सौंप दी है इसमें पीड़िताओं की कॉउसिलिंग से जुड़े रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है वहीं सीबीआई ने मामले की जांच तेज कर दी है सूत्रों ने बताया कि सीबीआई सभी आरोपियों की पहचान उनके फोटो से कराने की तैयारी कर रही है इस संबंध में बालिका गृह तथा बाल संरक्षण इकाई से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की फोटो सीबीआई को उपलब्ध करा दी गयी है वहीं सीबीआई की विशेष टीम ब्रजेश ठाकुर के सहयोगियों मधु दिलीप वर्मा और संजय सिंह की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है दूसरी तरफ जांच एजेंसी ब्रजेश ठाकुर की सम्पत्तियों के आकलन में भी जुट गयी है उसे फंडिंग और विज्ञापन के नाम पर कितनी राशि मिली थी इसकी भी जांच चल रही है इधर जेल में बंद निलंबित बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रौशन की पत्नी शिभा कुमारी के खबड़ा और मोतिहारी स्थित आवास पर इश्तेहार चिपकाने की तैयारी भी पुलिस कर रही है पटना सिटी स्थित सफीनह बाल गृह में रह रहे बच्चों और उनके अभिभावकों ने रिहाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया इस दौरान पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया हंगामे के दौरान तीन बच्चे फरार हो गये इस मामले संदेह के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है राज्य के पंचायतों में संविदा के आधार पर चार हजार एक सौ बहत्तर तकनीकी सहायक और लेखापाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति होगी पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है लेखापाल को बीस हजार रूपये और तकनीकी सहायक को सत्ताईस हजार रूपये मासिक मानदेय दिया जायेगा आवेदन की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा आवेदक किसी एक ही जिले से आवेदन कर सकेंगे लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीकॉम निर्धारित की गयी है वहीं तकनीकी सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पॉलिटेक्निक संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अरिथयां आज से पच्चीस अगस्त तक गंगा गंडक बागमती कोसी घाघरा महानंदा और प्रनपुन सहित प्रदेश की विभिन्न नदियों में विसर्जित की जायेगी इससे पहले लोगों के दशर्नार्थ ग्यारह रथों पर कलश यात्रा निकाली जायेगी जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय केन्द्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री सहित वरिष्ठ नेता शामिल होंगे अस्थि कलश यात्रा के लिए दस टीमों का गठन किया गया है मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की है झारखंड से सटे हिस्सों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जतायी गयी है विभाग ने कहा है कि लगभग एक पखवाड़े बाद मॉनसून ट्रफ बिहार पहुंचा है जिसके प्रभाव से भारी बारिश की सम्भावना बनी हुई है फिलहाल ट्रफ लाईन नवादा से होकर गुजर रही है राज्य सरकार ने गृह विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी संजय कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है उन्हें वर्ष दो हजार पन्द्रह में सात हजार रूपया रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया था गृह विभाग ने चौकीदारों दफादारों को बढ़ी हुई दर से वर्दी भत्ता के नकद भुगतान का आदेश जारी कर दिया है अब चौकीदार दफादार को चार हजार रूपये की जगह पांच हजार रूपये वार्षिक वर्दी भत्ता मिलेगा बिहार कांग्रेस के सांसद विधायक और विधान पार्षद अपने एक माह का वेतन केरल बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दान करेंगे पार्टी की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गयी है बिहटा स्थित एनडीआरएफ की नौवीं बटालियन ने केरल में आई भीषण बाढ़ के दौरान सराहनीय राहत और बचाव कार्य किया है कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बटालियन की छह टीमों ने लगभग डेढ़ हजार लोगों की जान बचायी है रणजी ट्रॉफी में बिहार की ओर से जाने माने स्पिनर प्रज्ञान ओझा और बल्लेबाज भाविन जितेन्द्र ठक्कर के खेलने की सम्भावना है सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में दोनों खिलाड़ियों से बीसीए की बातचीत हो चुकी है प्रज्ञान ओझा भारत की ओर से चौबीस टेस्ट और अठारह वन डे मैच खेल चुके हैं नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिसमें छह पुलिसकर्मी घायल हो गये पूर्वी चम्पारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बैरिया देवी माई स्थान के पास वाहन जांच के दौरान लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी पर हमला कर दिया जिसमें वे और उनके गाड़ी का चालक घायल हो गया पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित अनिसाबाद मौसम विज्ञान केन्द्र के पास से पुलिस ने दो तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है वहीं दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के हथौड़ी चेक पोस्ट के पास से पुलिस ने तीन सौ पचास कार्टन शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है खगड़िया जिले के चौथम में पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर लगभग एक सौ बोतल प्रतिबंधित कफ सीरप के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है कश्मीर में ईद पर हिंसा इंस्पेक्टर सहित चार की हत्या दैनिक जागरण की सुर्खी है नये गवर्नर पहुंचे पटना शपथ ग्रहण आज दैनिक भास्कर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है हॉकी में भारत की सबसे बड़ी जीत हांगकांग को छब्बीस शून्य से हरा कर छियासी साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा प्रभात खबर ने एक साप्ताहिक पत्रिका के सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है एनडीए के मुख्यमंत्रियों में नीतीश सबसे बेहतर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अब शुरू होंगे पोर्टेबल पेट्रोल पंप आज ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश यात्रा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन आज लेंगे अपने पद की शपथ